चौथे चरण में कई रियायत दी गयी हैं केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है लॉकडाउन के इस चरण में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को तीन अलग अलग जोन में बांट सकेंगे इससे राज्यों को छूट का दायरा अधिक क्षेत्रों तक बढ़ाने में मदद मिलेगी रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच नियंत्रण क्षेत्र तय किया जाएगा नियंत्रण क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा राज्यों के बीच बस और अन्य वाहनों के परिवहन के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा इसके लिए संबंधित राज्यों की सहमति जरूरी है

एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि देश व प्रदेश में मौजूदा स्थिति के दृष्टिगत लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो रहा है

जयराम ठाक्र ने कहा कि बाकि राज्यों की तुलना में हिमाचल की स्थिति बेहतर है मुख्यमंत्री ने बाहर से आए लोगों से क्वारंटीन के नियमों का पालन करते हुए सरकार का सहयोग का आग्रह किया है उन्होंने कोरोना महामारी जैसी संकट की घड़ी में लोगों की सहायता में जुटे हर वर्ग का आभार जताया है विशेष रेलगाडी लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को हिमाचल लाने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है

इन सभी लोगों को पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से उनके संबंधित जिलों में स्थापित संस्थागत क्वारंटीन केन्द्रों के लिए भेजा गया चार दिन के बाद इन लोगों की जांच की जाएगी और नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा

कोरोना संक्रमण से अभी तक प्रदेश में तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश में लॉकडाउन के बढ़ने और ऊहल परियोजना में दुर्घटना की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है छूट के साथ हिमाचल में लागू रहेगा कर्फ्यू अभी नहीं चलेंगी बसें

दिव्य हिमाचल के मुताबिक बंद रहेंगे मंदिर स्कूल खुल सकेंगे स्टेडियम बसों की आवाजाही पर फंसा पेंच

दिव्य हिमाचल ने लिखा है ऊहल प्रोजेक्ट का पैन स्टॉक फटने से करोड़ों बहे अमर उजाला के शब्द हैं ऊहल परियोजना की टेस्टिंग में आधी रात को फटा पेनस्टोक पाइप पावर हाउस को करोड़ों का नुकसान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है हिमाचल की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में ग्रामीण क्षेत्र निभाएगा अहम भूमिका

ट्रक में ही बिता दिये तीन लॉकडाउन दिव्य हिमाचल की खबर है